कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान उपायों का संकल्प लें

खिलौना मेला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और देश की सदियों प्रानी परंपराओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है भारत खिलौना मेले का वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से उद्वाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के स्थानीय खिलौने अपेक्षाकृत अधिक सस्ते और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों से निर्मित हैं उन्होंने भारतीय खिलौना निर्माताओं से पर्यावरण और मस्तिष्क के अन्कूल खिलौने बनाने का अन्ररोध किया

खिलौने बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं इसलिए प्रधानमंत्री ने अभिभावकों से अपने बच्चों के साथ खेल में शामिल होने का अन्रोध किया

नीति आयोग उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की अन्मति दी जानी चाहिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की जिसमें दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हई इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की परियोजनाओं में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए दोगुनी भूमि देनी होती है जबकि केन्द्र की परियोजनाओं के लिये ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री ने कहा कि फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए जरूरी औपचारिकताओं का सरलीकरण भी किया जाना चाहिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि इन मामलों को नीति आयोग द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता से लेते हए संबंधित मंत्रालय से बात की जाएगी डॉ राजीव क्मार ने कहा कि चीड़ के पेड़ को धीरे धीरे किस प्रकार स्थानीय प्रजाति के वृक्षों से रिप्लेस किया जा सकता है इसकी योजना बनाई जानी चाहिए इस संबंध में एफआरआई द्वारा किये गये अध्ययन की रिपोर्ट उपलब्ध कराने की बात कही गई उन्होंने राज्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए मॉनिटरिंग सेल बनाने का सुझाव भी दिया चमोली अपडेट चमोली जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लापता व्यक्तियों की खोजबीन लगातार जारी है

जिलाधिकारी ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में बिजली पानी खाद्यान्न आपूर्ति सुचारू है नीति मलारी हाईवे पर रैणी में बीआरओ वैली ब्रिज बनाने में ज्रटा है माघ पर्णिमा हरिद्वार में आज माघ पूर्णिमा के पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया आज के स्नान को देखते हुए मेला पुलिस ने व्यापक प्रबंध किए थे

बाहर से आने वाले वाहनों के लिए यातायात प्लान पहले ही घोषित कर दिया गया था उनके लिए अलग अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई थी इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई थी जिलाधिकारी सी रविशंकर ने मेला क्षेत्र का दौरा करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया मेला के पुलिस महानिरीक्षक संजय ग्रंज्याल भी लगातार व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे थे हरिद्वार के सभी प्रवेश द्वारों पर तीर्थ यात्रियों की आकस्मिक कोरोना जांच भी की गई घाटों पर भी ब्रथ लगाकर श्रद्वालूओं की थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ कोरोना संबंधी जांच की गई

इस बीच महाकृंभ के लिए अखाड़ों के साध् संत भी अब हरिद्वार पहंच रहे हैं आज श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा की धर्म ध्वजा विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित कर दी गई है

भारतीय संस्कृति मुख्य रूप से उत्तर भारत में उनका गहरा प्रभा व है

घरैकि पहचाण चेलिक नाम मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नैनीताल के टीआरसी सूखाताल में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए घरैकि पहचाण चेलिक नाम कार्यक्रम की श्रुआत की इसके तहत परिवार की सबसे छोटी बेटी के नाम पर उसके घर की पट्टिका लगाई जाएगी ताकि घर की पहचान बिटिया के नाम पर हो सके पहले चरण में इस नई परंपरा की श्रुआत नैनीताल नगरपालिका से की गयी है जिले के सभी विकासखंडों के एक एक गांव को चुना गया है सबसे अहम बात यह है कि बेटी के नाम की पट्टिका बनाए जाने में ऐपण कला का प्रयोग किया जा रहा है जिससे स्थानीय कला को भी प्रोत्साहन मिलेगा नेपाल सीमा चंपावत जिले की नेपाल सीमा पर सुरक्षा के मद्देनजर दो नयी पुलिस चौकियों को शासन से मंजूरी मिल गयी है सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण टनकप्र जौलजीबी मार्ग में चूका क्षेत्र और पंचेश्वर घाट पर पुलिस चौंकियों का निर्माण होना है जिले के पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि जिले के नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए दो पुलिस चौकियों का प्रस्ताव शासन को प्रस्ताव भेजा गया था जिसे शासन ने मंजूरी दे दी है मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश हई है नैनीताल पौड़ी अल्मोड़ा बागेश्वर और टिहरी में बारिश की खबर है राजधानी देहरादून में भी सुबह बारिश के साथ ही तेज हवाएं भी चली चमोली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों मे बर्फबारी की सूचना है मौसम विभाग के मुताबिक देहराद्रन बागेश्वर चमोली पौड़ी नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है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

आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नटवर्क पर इसका प्रसारण होगा

मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा रोजगार मेला चंपावत चम्पावत जिले के सभी विकासखण्डों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा

जिला सेवायोजन अधिकारी राजेश द्र्गापाल ने यह जानकारी दी

सेवायोजन अधिकारी ने इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने सभी दस्तावेजों के उपस्थित होने को कहा है

जिलाधिकारी मन्ज गोयल ने यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की

बैठक में तय किया गया कि यात्रा सीजन के दौरान सफाई के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष पार्किंग स्थल में वृद्वि होने से यात्रियों को पार्किंग की पर्याप्त जगह भी मिलेगी